बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र में माओवादियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी है

इसके तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर कोविड नाइंटीन के लक्षणात्मक मरीजों की पहचान की जाएगी स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हए अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टरों को अर्धशासकीय पत्र लिखा है श्रीमती पिल्ले ने कलेक्टरों से कहा है कि कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान में जिले के सभी शहरी और ंग्रामीण परिवारों तक पहुंचना सनिश्चित करें कोरोना समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं इसी कड़ी में राजधानी रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल को राज्य टेली मेडिसीन हब बनाया गया है इसके जरिये चिकित्सा महाविद्यालय के विशेषज्ञ चिकित्सक प्रदेश के सभी कोविड केयर सेंटरों के चिकित्सको को कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए परामर्श देंगे यह सुविधा चौबीसों घंटे जारी रहेगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि संभागवार टेली परामर्श के लिए समय तय कर दिया गया है वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने राजधानी रायपूर में कोरोना जागरूकता अभियान के लिए चार वाहनों को आज हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इधर महासमुद जिले में लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज से सामान्य दिनों की तरह विभिन्न गतिविधियां शुरू हो गई हैं महासमुंद में आज से रात आठ बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के लिए समाजसेवी और सामाजिक संगठन जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं कोरोना की करो पहचान जांच से होगा जीवन आसान जैसे संदेशों वाले पाम्पलेट का वितरण किया जा रहा है इस बीच जिला प्रशासन द्वारा पांच अक्टूबर को कोरोना जांच के लिए करीब पांच हजार लोगों का नमूना लेने का लक्ष्य रखा गया है बिलासपुर में निजी स्कूल एसोसिएशन की ओर से जिला प्रशासन को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पंद्रह ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए गए हैं वहीं बिलासपुर मर्चेंट एसोसिएशन व्यापार विहार की ओर से भी पांच ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं मरवाही उपचुनाव तीन नवंबर को होने वाले मरवाही विधानसभा उपच्नाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इसी सिलसिले में राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज रायपुर स्थित अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रॅतिनिधियों की बैठक लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने राजनीतिक दलों से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इससे बचाव की व्यवस्था बनाने और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के साथ ही अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता और कोरोना पॉजीटिव या कोरोना संदिग्ध मतदाता जो होम आइसोलेशन अथवा क्वारेंटाइन में रह रहे हैं वे डाक मतपत्र के जरिये भी मतदान कर सकते हैं बैठक में यह भी बताया गया कि उप निर्वाचन के दौरान उम्मीदवार कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर घर जाकर रोड शो और चुनावी सभा के जरिये प्रचार कर सकेंगे

इस बीच खबर मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा की ओर से मरवाही चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल मरवाही का दौरा कर कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे केन्द्र समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में शिक्षा सुधारों में भागीदारी के लिए लोगों से भेरी शिक्षा मेरा भारत माईनेप प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट में कहा कि यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस की खास बातों के बारे में जानने का एक रोचक तरीका है श्रोताओं सोशल मीडिया पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में एक फर्जी प्रपत्र का प्रचार किया जा रहा है इसमें दावा किया जा रहा है कि बेटियों को दो दो लाख रूपये दिए जाएंगे पत्र सुचना कार्यालय ने टवीट कर बताया है कि इस प्रकार के किसी प्रपत्र का प्रचार अवैध है और इस योजना के तहत किसी प्रकार की कोई नकद सहायता नहीं दी जा रही है केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि तीस नवंबर तक बढ़ा दी है इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर तीस सितंबर की गई थी आयकर विभाग ने कहा है कि कोरोना महामारी स्थिति के कारण करदाताओं की कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला किया गया है धान खरीदी बारदाना राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं इसके लिए बारदाने की व्यवस्था का कार्य शुरू कर दिया गया है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपमोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारदानों का इस्तेमाल शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के अलावा अन्य कार्यों के लिए करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है अनाज वितरण के बाद बचे शेष बारदानों को धान खरीदी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा कोरोना महामारी की वजह से नये जूट बारदाने का उत्पादन कार्य प्रभावित हुआ है इस कारण राज्य की जरूरत के अनुसार बारदाने नहीं मिल पा रहे हैं

इसके अनुसार इन नियोजनों में कार्य करने वाले अकुशल अर्द्व कुशल कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग श्रेणी में न्यूनतम मूल वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें तय की गई हैं रक्तदान कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर आज राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय वेबीनार का आयोजन किया गया वेबीनार में इस बात पर जोर दिया गया कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चके व्यक्तियों को नियमानसार प्लाज्मा दान के लिए प्रोत्साहित किया जाए वेबीनार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं से लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की वहीं महासमुद जिला चिकित्सालय द्वारा आज से पंद्रह अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है छह और आठ अक्टूबर को जिला चिकित्सालय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा कबीरधाम जिला चिकित्सालय में भी रेडक्रॉस सोसायटी और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी को नमन करते हुए श्रद्वासुमन अर्पित किए हैं उन्होंने कहा है कि गांधीजी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए ग्राम स्वराज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य में सुराजी गांव योजना शुरू की गई है अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री को भी श्रद्वांजलि अर्पित की है इस बीच मुख्यमंत्री कल गांधी जयंती के अवसर पर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अनावरण करेंगे इससे पहले संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज प्रतिमा स्थल का अवलोकन किया वहीं मुख्यमंत्री कल दुर्ग में बनने वाले महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भूमिपजन करेंगे इस अवसर पर श्री बघेल दर्ग जिले के लिए करीब ढाई सौ करोड रूपये की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास और निर्माण कार्यो का भूमिपूजन तथा लोकार्पण भी करेंगे

कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों और प्रोटोकॉल के पालन को साथ कल दो अक्टूबर को सभी त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के कार्यालय में ये आयोजित होंगे राज्य शासन ने इस संबंध में सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है विशेष कार्यक्रम महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में कल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा महात्मा गांधी की कहानी आकाशवाणी की जुबानी नाम के इस कार्यक्रम का प्रसारण कल सबह साढे दस बजे से होगा इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है अंग्रेजी मीडियम स्कूल नामकरण राज्य सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के सभी चालीस सरकारी स्कूलों का नाम स्वामी आत्मानंद के नाम पर रखने का निर्णय लिया है स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर इस आशय के निर्देश दिए हैं पत्र में कहा गया है कि जिन स्कलों का नाम पूर्व में ही रखा जा चुका है उनका नाम यथावत रहेगा लेकिन पहले से रखे गए नामो को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत संचालित विद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा सरकार ने इस बात के भी आदेश दिए हैं कि विद्यालय का नाम मुख्यद्वार और अन्य स्थानों पर लगाकर उसे प्रचारित भी किया जाए

बरदेला गांव के पास अलग अलग जगहों से इन दोनों ग्रामीणों के शव मिले हैं वहीं सुकमा जिले के गादीरास इलाके से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इसके पास से टिफिन बम और अन्य सामग्री बरामद की गई है इस माओवादी पर पुलिस की रेकी करने और विस्फोटक लगाने जैसी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है इस बीच इसी जिले के एर्राबोर स्थित पुराने थाने पर लगे बीएसएनएल के टावर में बीती रात अज्ञात लोगों ने आग लगा दी पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है शराब बिक्री विवाद महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा पुलिसकर्भियों पर कथित रूप से हमला किए जाने के मामले की जांच शुरू हो गई है प्रशासन द्वारा पिथौरा एसडीओ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है गौरतलब है कि महासमुद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र स्थित नर्रा गांव में बीती रात अवैध शराब बिक्री के मामले में ग्रामीणों के साथ विवाद होने के बाद कुछ लोगों द्वारा पुलिस वाहन पर पथराव किए जाने की खबर मिली है जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कोमाखान थाना प्रभारी प्रदीप भिंज को लाइन अटैच और एएसआई कौशल साह को निलंबित कर दिया है वहीं पुलिस ने अवैध रूप से नशीला पदार्थ बेचने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से दस किलो गांजा बरामद किया गया है बताया जाता है कि बीती रात नर्रा गांव में कुछ लोगों ने कोमाखान थाने में पदस्थ पुलिसकर्भियों को कथित रूप से घेरकर हमला करने की कोशिश की थी मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम मध्य बंगाल और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय ओडिशा तक एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असर से कल राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है संक्षिप्त समाचार महासमुंद जिला मुख्यालय से करीब आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरंड रेलवे स्टेशन में आज एक जंगली हाथी प्रवेश कर गया बाद में यह हाथी जंगल की ओर चला गया वहीं एक अन्य हाथी ने अछोला कुकराडीह क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया है राज्य में दो जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है कवर्धा के पुलिस अधीक्षक के एल ध्रव को सुकमा और वहां के पुलिस अधीक्षक शलम कमार सिन्हा को कवर्धा का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है रायपुर संभाग के आयुक्त जीआर चुरेन्द्र ने चार अक्टूबर को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों में कोविड नाइंटीन के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन क्वारेंटाइन और कोरोना पॉजीटिव परीक्षार्थियों को इस बात की जानकारी स्वयं देनी होगी रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र स्थित छाल रोड पर बीती रात दो वाहनों की बीच हुई आपसी भिडंत में चार लोगों की मौत हो गई मृतकों में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है

इसी तरह महासमुद जिला चिकित्सालय द्वारा ब्रजुर्गों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया गया राज्यपाल अनुसूईया उइके ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग संशोधन विघेयक और राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं रायपुर जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवक लोन लेकर खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए रायपुर के कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर स्थित अंत्याव्सायी सहकारी विकास समिति के समक्ष आवेदन कर सकते हैं

जांजगीर के पंतोरा उप थाना स्थित पुरैना गांव में तालाब में डूबने से कोटवार की मौत हो गई है